राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति का भाषण आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आज शाम सात बजे से हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी प्रसारित किया जाएगा दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद राष्ट्रपति का भाषण दूरदर्शन के क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों से भी प्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी से भी रात साढ़े नौ बजे से संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा राष्ट्रपति के संबोधन के कारण आकाशवाणी पटना से शाम साढ़े सात बजे से प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आज शाम के पौने सात बजे से प्रसारित होगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रपति का भाषण मूक बधिरों के लिए सुलभ कराने का फैसला किया है सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि डीडी भारती देश के नाम राष्ट्रपति का संबोधन कल शाम सात बजे से साढ़े सात बजे तक संकेत भाषा में प्रसारित करेगा आज डीडी न्यूज गणतंत्र दिवस परेड का आंखों देखा हाल संकेत भाषा में सुबह नौ बजे से प्रसारित करेगा सत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल नई दिल्ली के राजपथ स्थित विजय चौक पर झण्डोत्तोलन करेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य राजकीय समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन कल सुबह नौ बजे झण्डोत्तोलन करेंगे गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध किये गये हैं राजधानी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है गणतंत्र दिवस को लेकर पटना में यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है इधर सभी जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किये गये हैं नेपाल और बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती इलाकों में एहतियातन गश्त बढ़ा दी गयी है संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षाबलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग का मतपत्रों से चुनाव कराने का कोई इरादा नहीं है और वह इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन ई वीएम तथा मतदान पुष्टि पर्ची वी वी पैट का इस्तेमाल जारी रखेगा श्री अरोड़ा ने नई दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए यह बात कही

अगर परिणाम आपके पक्ष में है तो सही है और आपके पक्ष में नहीं है तो गलत है मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा इरादा बैलेट पेपर प्रणाली की तरफ वापस लौटने का नहीं है मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वीप मतदाताओं को सशक्त बनाने में सफल रहा है चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक के एस द्विवेदी ने सभी आईजी डीआईजी एसएसपी और एसपी को दस फरवरी तक तीन साल से अधिक समय से एक ही जगह बने दारोगा से लेकर इंस्पेक्टर तक के अधिकारियों का तबादला करने का आदेश दिया है इस संबंध में की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट तेरह फरवरी तक सौंपने को कहा गया है इधर आज राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे आज देशभर में नौवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना है इस मौके पर राजधानी पटना सहित राज्यभर में मतदाता जागरूकता के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है मतदाताओं को स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की शपथ दिलायी जा रही है साथ ही नये मतदाताओं के बीच मतदाता पहचान पत्र का भी वितरण किया जा रहा है आम लोगों को समयबद्ध और तेज गति से अदालती सेवाएं उपलब्ध करने के लिए न्याय विभाग ने लगभग दो लाख सामान्य सेवा केंद्रों के जरिए ई अदालत सेवाएं देने का फैसला किया है इन सेवाओं के लिए लोगों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा लेकिन ई सेवा की लागत के तौर पर अदालतों के पोर्टल से उपलब्ध कराई जाने वाली तेईस प्रकार की सेवाओं पर प्रतिसेवा केवल पांच रूपये वसूल किये जाएंगे प्रदेश में अब वसुधा केंद्रों के माध्यम से भी जमीन के ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिये आवेदन किया जा सकेगा इस संबंध में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने आदेश जारी कर दिया है इसके लिये लोगों को चालीस रूपये का भुगतान करना होगा साथ ही रजिस्टर ट् में जमीन की मौजूदगी देखने के लिये प्रति जमाबंदी दस रूपये देना होगा यदि कोई व्यक्ति इसके साथ ही ऑनलाइन लगान जमा करना चाहते हैं तो बीस रूपये का शुल्क भुगतान करना होगा राज्य सरकार ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय से सासाराम गया भोजपुर नवादा और कैमूर जिले के लिये आठ रैक यूरिया की मांग की है

उन्होंने बताया कि बिस्कोमान के खाद केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिये दो अतिरिक्त प्वाइंट ऑफ सेल मशीन लगाने का भी आदेश दिया गया है पटना हाई कोर्ट ने पॉलीथिन कैरी बैग के निर्माण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के सरकारी आदेश को सही ठहराते हुये इसके खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान पटना और आसपास के इलाकों में हल्की ब्रंदाबांदी की संभावना जतायी है इस दौरान पंद्रह से बीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलने की आशंका है वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बादल छाये रहेंगे और कहीं कहीं ब्रूंदाबांदी हो सकती है नालंदा खुला विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में छात्रों को इस बार नामांकन के चार अवसर मिलेंगे छात्र नामांकन के लिये एक बार में तीन सौ चालीस कॉलेजों का विकल्प चुन सकते हैं शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के कक्षा एक से पांच तक के छात्रों को सरकारी योजनाओं की राशि उनके बैंक खातों के साथ साथ उनके माता पिता के बैंक खातों में भी भेजने का आदेश दिया है कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बंद पड़े पुराण फ्लावर मिल में देर रात आग लग गयी आग के कारण मिल पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया आसपास के कई घर भी अगलगी की चपेट में आ गये पुलिस ने बताया कि मिल में लकड़ी और पटसन रखा हुआ था जिस कारण आग बेकाब् हो गयी

दोनों ही वर्गों में बिहार को तीसरा स्थान हासिल हुआ है उत्तर प्रदेश के गुरूग्राम के उल्लावास गांव में चार मंजिला इमारत के गिरने से बिहार के दो मजद्रों समेत सात लोगों की दबकर मौत हो गयी मृतकों में समस्तीपुर के आनंद कुमार और अल्ताफ शामिल हैं

पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गोसाईं मठ में अंगीठी के ध्रंए में दम घूटने से दो भाईयों की मौत हो गयी जबकि पांच अन्य का गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है पश्चिम चम्पारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र में ईंट भद्दे की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गयी और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये मधुबनी जिले की एक अदालत ने बेकसूर व्यक्ति को जेल में रखने के आरोप में रूद्रपुर के थानाध्यक्ष किशोर कुणाल झा पर दो लाख रूपये का जुर्माना लगाया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा केंद्र में भी पिछड़ा वर्ग को दो श्रेणियों में बांट आरक्षण का प्रावधान हो दैनिक जागरण की सुर्खी है एससी एसटी संशोधित कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार दैनिक भास्कर लिखता है केंद्र में आर्थिक पिछड़ों को दस प्रतिश कोटा फरवरी से प्रभात खबर की सुर्खी है इस साल बारह प्रतिशत रहेगी बिहार की विकास दर राष्ट्रीय सहारा ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है मतपत्रों से चुनाव कराना संभव नहीं आज लिखता है बिहार में क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क की शुरूआत